आज आर्थिक सर्वेक्षण और कल पेश होगा वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष प्रा हो रहा है

कई जगहों पर ओला गिरने की भी जारी की गयी चेतावनी बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज शुरू हो रहा है राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राज्यपाल के संबोधन के बाद आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जायेगा पहली बार सरकार ई गवर्नेंस और पर्यावरण पर दो नई रिपोर्ट पेश करेगी वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट कल पेश किया जाएगा सत्र का समापन इकतीस मार्च को होगा इस दौरान बाईस बैठकें होंगी राज्यहित से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है वहीं सत्तापक्ष ने भी विपक्ष को सदन में जवाब देने की रणनीति बनायी है इधर विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने सत्तापक्ष और विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग की अपील की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के हर पैक्स को पंद्रह लाख रूपये तक के कृषि यंत्र दिये जायेंगे श्री कुमार पटना में सहकारिता महासम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र की ओर से दस लाख और राज्य की ओर से पांच लाख रूपये दिये जायेंगे श्री कुमार ने कहा कि क्षेत्रीय सहकारिता को बढ़ावा देने के लिये सत्रह जिलों में बाईस सहकार भवन के लिये छप्पन करोड़ पैंतीस लाख रूपये का आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी इसका उद्देश्य भूमि जोत वाले किसान परिवारों को कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग मुहैया कराना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कदम को दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास बताया है

इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि चौदह करोड़ लोगों को इस योजना के दायरे में लाए जाने की आशा है बाईट संवाददाता इस योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में हर साल छह हजार रूपये तीन बराबर किस्तों में दो दो हजार रूपये दिए जाते हैं गुरूआत में इस योजना के तहत देश में दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले सभी छोटे और मझौले किसानों की मदद का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया

वहीं इस योजना से अब तक आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फायदा मिल चुका है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्त से संबंधित नियमावली चार महीने के अंदर तैयार करने का निर्देश दिया है न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाईयों को चालीस से अधिक हड़ताली नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है वहीं दो सौ से अधिक नियोजित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी नियोजित शिक्षकों के समर्थन में कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है संघ के अध्यक्ष केदार नाथ पाण्डेय ने बताया कि इस दौरान शिक्षक इंटर और मैट्रिक की कॉपियों के मूल्यांकन कार्य में भी शामिल नहीं होंगे उद्योग विभाग ने राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाईयों में पांच प्रतिशत पद दिव्यांगों के लिये आरक्षित रखने का फैसला किया है आधिकारिक जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी वहीं दिव्यांगों को नये उद्यम लगाने के लिये वास्तविक ब्याज की दर से कम दर पर ऋण मिलेगा बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के केंद्रीय बजट में समावेशी विकास की झलक मिलती है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि बजट में विभिन्न सामाजिक समूहों महिलाओं दिव्यांगों एससी एसटी और ओबीसी के लिये पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया गया है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है इस दौरान कई जगहों पर ओला गिरने की भी चेतावनी जारी की गयी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बनने और उत्तर बिहार के ऊपर से ट्रफ लाईन गुजरने के कारण बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुयी हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हयी लूट की घटनाओं में अपराधियों ने लगभग बीस लाख रूपये लूट लिये मधुबनी जिले के राजनगर से अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से दस लाख रूपये के आभूषण और एक लाख रूपये नकद लूट लिये इस दौरान अपराधियों की गोलीबारी में व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं अरवल जिले के करपी बाजार के एक एटीएम को काटकार अपराधियों ने चार लाख चौंतीस हजार रूपये से अधिक की राशि लूट ली दूसरी तरफ बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक गैस एजेंसी के संचालक से चार लाख रूपये लूट लिये रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत अउआं गेट के पास एक ट्रक और बस के बीच हुयी टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी

सभी घायलों का इलाज सासाराम सदर अस्पताल में चल रहा है वहीं दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित काकरघाटी के पास एक कार के अनियंत्रित होकर पुल से टकरा जाने के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गयी

मूजफ्फरपूर में दिव्यांगों के लिये आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में रोहतास के नागेंद्र प्रथम विश्वास राज दूसरे और मुजफ्फरपुर के रामबालक पासवान तीसरे स्थान पर रहे वहीं महिला वर्ग में समस्तीपुर की खुशबू और मुजफ्फरपुर की रंजना पहले स्थान पर रही औरंगाबाद इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के सतासी किलोग्राम भार वर्ग में पटना के अमनश्री ने स्वर्ण पदक जीता वहीं ग्रीको रोमन के पचपन किलो भार वर्ग में कैमूर के नीरज कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किया अरवल जिले के मेंहदिया थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भोक्ताडीह जंगली क्षेत्र में एसएसबी ने अफीम की फसल को नष्ट कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है बिहार में एनआरसी नहीं एनपीआर दो हजार दस के आधार पर ही होगा हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है बिजली मीटर रेंट से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है नया भारत पुराने तौर तरीके से चलने को तैयार नहीं दैनिक भास्कर ने अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन से जुड़ी खबर को प्रकाशित करते हुये लिखा है आज रोड शो गांधी दर्शन और मेगा शो राष्ट्रीय सहारा लिखता है लैंगिक समानता पर व्यापक उपाय जरूरी सीजेआई दैनिक आज की सुर्खी है अस्सी बीएड कॉलेजों की मान्यता पर लटकी तलवार

आज आर्थिक सर्वेक्षण और कल पेश होगा वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है

कई जगहों पर ओला गिरने की भी जारी की गयी चेतावनी